उधर टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि वर्तमान सांसद ने जनता की कोई समस्या हल नहीं की जबकि भाजपा उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भाजपा को विजयी बनाने की अपील की स्वीप के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरुक करने के लिए बागेश्वर और उधमसिंहनगर जिलों में कई कार्यक्रम और रैलियां आयोजित की गईं और चुनाव आयोग के व्यय प्रेक्षक ने चमोली में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए

भाजपा के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज पिथौरागढ़ और चमोली सहित राज्य के अन्य जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया पिथौरागढ़ में आयोजित चुनाव रैली में श्री सिंह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनाने और उसके विकास को लेकर उनकी सरकार ने अपनी प्रतिबद्वता दिखाई और राज्य का समुचित विकास भी किया राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर गरीबी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया

उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम पर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों की भी आलोचना की उधर चमोली जिले के गोपेश्वर में आयोजित चुनावी सभा में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो आज देश के प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हैं वह गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया और इस बारे में देश में गलत राजनीति हो रही है

इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई श्री सिंह ने पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार और हरिद्वार के झबरेड़ा में भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया

स्लग चमोली प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव खर्च प्रेक्षक राम कृष्ण केडिया ने चमोली में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों से चर्चा कर सभी जरूरी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिये उन्होंने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के अनुवीक्षण कक्ष निर्वाचन कन्ट्रोल रूम मीडिया सेन्टर व्यय लेखा अनुवीक्षण कक्ष का भी बारीकी से निरीक्षण किया एमसीएमसी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिये कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों और पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जाए इसके साथ ही उन्होंने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट और उड़नदस्तों की जीपीएस लोकेशन को कक्ष में स्थापित मॉनीटर के जरिए ऑनलाइन देखा साथ ही सी विजिल एप में शिकायतों के निस्तारण की भी जानकारी ली गई जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने प्रेक्षक को चुनाव के सिलसिले में जिला स्तर पर की गई विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी

प्रशिक्षण नोडल अधिकारी जगमोहन सोनी और नरेश कुमार ने मतदान कार्मियों से कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पहले सभी प्रकार के दस्तावेजों की जांच की जानी जरूरी है उन्होंने कहा कि मतदान से पहले वीवीपैट के ड्रॉप बाक्स को अच्छी तरह से जांच लें और उसके मुताबिक ही मशीन को सील किया जाय इस अवसर पर प्रभारी प्रशिक्षण अधिकारी एचबी चन् और अजीत तिवारी ने कहा कि निर्वाचन टीम को लगातार आपसी संवाद बनाये रखना हैं उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया और वीवीपैट मशीन की तकनीकी जानकारी लेने को कहा कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया

उन्होंने कहा कि विधानसभावार ईवीएम मशीनें तैयार की जा रही हैं साथ ही ईवीएम में प्रत्याशी की सेटिंग और वीवीपैट में चुनाव चिन्ह की सेटिंग की जा रही है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपनी विधानसभा बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कर लें उन्होंने मतगणना स्थल और स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण करने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से रखी गयी लॉग बुक भी देखी